केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की

उच्चतम न्यायालय मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की सीबीआई जांच की निगरानी करेगा आज इस मामले में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट में सुनवाई को स्थगित करने के आदेश दिये हैं शीर्ष न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट द्वारा इस कांड के मीडिया कवरेज पर लगी रोक को भी हटा दिया है इस कांड की जांच से संबंधित खबरों के प्रकाशन और प्रसारण को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने के लिये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से सहयोग करने को कहा गया है हालांकि इस जघन्य कांड के पीड़ितों के साक्षात्कार और उनका चेहरा दिखाये जाने पर प्रतिबंध प्रर्व की तरह जारी रहेगा उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की चल अचल संपत्ति की जांच करने के लिये आयकर विभाग को आदेश दिये न्यायालय ने बिहार सरकार को बालिका गृह के संचालन के लिये दिये गये साढ़े चार करोड़ रूपये के अनुदान की जांच करने को कहा है इसके अलावा पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के परिसरों से हथियार बरामदगी की जांच के भी आदेश दिये गये हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई ने समाज कल्याण विभाग की तत्कालीन निदेशक रोजी रानी सहित चार लोगों को हिरासत में लिया है केन्द्रीय जांच एजेंसी सभी से पूछताछ कर रही है गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ के तीन कर्मचारी भी शामिल हैं जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर और सोनपुर सहित आरोपियों के चार ठिकानों पर छापेमारी की सोनपुर स्थित रोजी रानी के आवास पर छापेमारी के दौरान केन्द्रीय एजेंसी को कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं रोजी रानी मूजफ्फरपूर में पदस्थापना के दौरान बालिका गृह की निरीक्षण प्रभारी थी इधर सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के विभिन्न बैंकों में स्थित बीस खातों को सीज कर दिया है केन्द्र सरकार ने विभिन्न लघू बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी है बढ़ी हुई दरें अक्टूबर महीने से लागू होंगी पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा किसान विकास पत्र की परिपवक्ता अवधि एक सौ अठारह महीने से कम करके एक सौ बारह महीने कर दी गयी है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए एक नई योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के पेंशनभोगियों के लिये ऑनलाईन ई जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की सुविधा शुरू की गयी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी ई जीवन प्रमाण प्रणाली के जरिये राज्य के लगभग साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को अब घंटों लाईन में खड़े होने की झंझट से छूटकारा मिल जायेगा उन्होंने कहा कि बैंकों डाकघरों और कोषागारों में अधिक आयु के पेंशनरों को सशरीर उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र देने में काफी कठिनाई होती थी इसलिए सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था शुरू की है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश हुई मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास भोजपुर बक्सर बेगूसराय समस्तीपुर अररिया सुपौल और मधुबनी जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है वहीं दरभंगा मुजफ्फरपुर शिवहर और सीतामढ़ी में तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र अंतर्गत संतोष गांव में खेत में काम करने के दौरान एक महिला की बिजली गिरने से झुलसकर मौत हो गयी अगले चौबीस घंटे के मौसम पूर्वानुमान में राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गयी है पूर्व रेलवे के जमालपुर जंक्शन पर आज से सेंट्रल रूट रिले इंटरलाकिंग सिस्टम का कार्य शुरू हो गया है ईस्टर्न रेलवे की महाप्रबंधक तनु चंद्रा ने आज इसकी शुरूआत की उन्होंने बताया कि दस दिनों के भीतर यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा इस नई प्रणाली के कार्यरत हो जाने से किऊल जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर तेज गति से ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा इसके अलावा ट्रेनों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने में भी मदद मिलेगी रूट रिले इंटरलाकिंग के कारण अगले दस दिनों तक जमालपुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली सत्रह ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है पैंतीस अन्य रेलगाड़ियां दूसरे मार्ग से चलायी जा रही है हावड़ा हरिद्वार कुंभ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अब आरा स्टेशन पर भी होगा अप और डाउन ट्रेनों का दो मिनट के लिये ठहराव इस स्टेशन पर बाईस सितम्बर से प्रभावी होगा कल मुहर्रम की दसवीं तारीख को यौमे आशुरा के रूप में मनाया जायेगा इसी दिन हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीं पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी शहादत पेश की थी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राज्यपाल ने अपने संदेश में लोगों से देश में त्याग शांति सद्भावना प्रेम और भाईचारा का संकल्प लेने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत सच्चाई और भलाई के लिये थी जो रहती दुनिया तक याद की जायेगी समस्तीपुर जिले के आमलोगों खासकर गरीबों को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत खुले औषधि केन्द्रों से सस्ती और उत्तम दवाओ का लाभ मिल रहा है इस केन्द्र के माध्यम से लोगों को बाजार दर से काफी कम कीमत पर करीब सात सौ दवाएं उपलब्ध हो रही है

जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गयी है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के लिये चुना गया है वहीं बिहार निवासी और जानीमानी निशानेबाज श्रेयसी सिंह को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जायेगा मुजफ्फरपुर पुलिस और एसएसबी ने कई वारदातों में वांछित फरार चल रहे नक्सली मदन भगत को साहेबगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है उस पर जिले के सकरा और कथैया थाने में कई मामले दर्ज हैं शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र में एसके आर कॉलेज के पास ट्रक और ऑटोरिक्शा के बीच टक्कर में एक आंगनबाड़ी सेविका की मौत हो गयी इस हादसे में चार अन्य लोग घायल हो गये बताया जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका जिला मुख्यालय में आयोजित पोषण जागरूकता रैली में भाग लेने आ रही थी वहीं बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदीरी गांव में पसपुरा ढाला के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी उधर सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के रूदलपुर गांव में एक तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गयी पटना सिटी अनुमंडल के दीदारगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली का कार्य कल से शुरू हो जायेगा उच्चतम न्यायालय ने आज अपने आदेश में टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली को मंजूरी दे दी है आशा कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और दर्जा की मांग को लेकर आज पटना समाहरणालय पर विरोध प्रदर्शन किया इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोंकझोंक भी हुई पटना के गर्दनीबाग हाईस्कूल परिसर में चल रहे दारोगा बहाली के शारीरिक दक्षता जांच के दौरान आठ फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है

केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की